कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

उन्होंने कहा कि युवाओं ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को भोजन मास्क और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने युवाओं से केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों के प्रभावी प्रसार के लिए आगे आने का आग्रह किया

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को पूर्ण जांच के बाद ही घर भेजा जा रहा है

शेष की रिपोर्ट आना बाकी है

उपायुकत हरिकेश मीणा ने स्वस्थ हुए सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इनकी बेहतरीन देखभाल के लिए कोरोना योद्वाओं का आभार जताया

सिरमौर ज़िला के पावंटा साहिब उपमंडल के बदरीपुर में वीरवार को दो व्यक्तियों के कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने के बाद बदरीपुर के साथ लगते क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए हैं ज़िला दंडाधिकारी आरकेपरूथी ने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर हर तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी मॉनसून सीजन को देखते हुए जिला मंडी में जल स्त्रोतों की साफ सफाई के विशेष अभियान छेड़ा गया है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी खंड अधिकारियों को पंचायत के साथ मिलकर जल स्त्रोतों की सफाई के इस विशेष अभियान को सही तरीके से अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए है उन्होंने कहा कि लोगों को जनजनित रोगों से बचाने के लिए ये कार्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जा रहा है इस अभियान के तहत सभी पेयजल व जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरिनेशन की जाएगी इधर सोलन के उपमंडलाधिकारी रोहित राठौर ने खण्ड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कहा कि जलजनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मी स्वयंसेवी संस्थाएं आशा कार्यकर्ता समन्वय स्थापित कर कार्य करें नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं न स्कूल खुलेंगे न टीचर बुलाए जाएंगे दैनिक भास्कर की एक खबर है नालागढ़ में कनाहन नदी से गाद व पूलों के नीचे से मिट्टी हटाने का काम शुरू ताकि फिर बारिश होने पर इंडस्ट्री व गांवों में न भरे पानी

दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है हिमाचल में तय अवधि में होंगे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव